इस सत्र के लिए सरकार तथा विधानसभा सचिवालय द्वारा सभी तैयारियां आज पूरी कर ली गयीं उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने आज जयपुर में पत्रकारों को बताया कि सरकार द्वारा सदन में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया जायेगा

सत्र से पहले आज जयपुर में भाजपा विधायक दल की बैठक हुई जिसमें सत्र को लेकर पार्टी की रणनीति पर चर्चा हुई

बैठक में प्रदेश के जलदाय और ऊर्जा मंत्री डॉ बी डी कल्ला केन्द्र में जल जीवन मिशन के अतिरिक्त सचिव भरत लाल राज्य के ग्रामीण विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश्वर सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे

मख्यमंत्री के इस निर्णय से किसान वाई फाई सिस्टम के जरिये अपनी उपज को देश की विभिन्न मंडियों में इ नाम प्लेटफार्म पर अच्छे दाम पर बेच सकेंगे श्री गहलोत ने अलवर जिले के बहरोड़ किशनगढबास और तिजारा तथा झालावाड़ के मनोहरथाना और पाली के सोजत में स्वतंत्र मंडियां बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूर दे दी

राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव द्वारा जारी आदेश के अनुसार अजमेर के अधिवक्ता सुरेन्द्र कुमार पुरोहित और भीलवाड़ा के अधिवक्ता रवि डांगी को सदस्य बनाया गया है

उन्होंने कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव भेजने को कहा है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पांच दिन के इस फेस्टिवल का उदघाटन किया कार्यकम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह फेस्टिवल न केवल जयपुर बल्कि पूरे प्रदेश की शान बन गया है उन्होंने कहा कि इस फेस्टिवल में लोगों को खुलकर अपने विचार रखने का मौका मिलता है

इस बार उत्सव जिन प्रमुख मुद्दों पर केन्द्रित है उनमें जलवायूपरिवर्तन संविधान कविता तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषय शामिल हैं पुलिस ने आयोजन स्थल के आसपास तथा परकोटे में सुरक्षा और यातायात के विशेष प्रबंध किए हैं

राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस को श्रद्वाजंलि दी है इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जयपुर में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में उन्हें श्रद्वांजलि दी गई

संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज उत्तरी कश्मीर के बारामूला में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ विस्तुत चर्चा की उन्होंने समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों से भी मुलाकात की